वे यहां किसान सम्मान सम्मेलन में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दो लाख रूपये तक के ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करेंगे

इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य जयवर्धन सिंह सज्जन सिंह वर्मा हुकुम सिंह कराड़ा प्रियवृत सिंह जीतू पटवारी सचिन यादव के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे दुर्घटना सिंगरोली जिले में बैढ़न के पास गनियारी में आज सुबह एनटीपीसी की कोयला लदी मालगाड़ी की एक अन्य मालगाड़ी से टक्कर हो गई इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं रेलगाड़ी के कई डिब्बे और इंजन क्षतिग्रस्त हुए हैं घटना स्थल पर एनटीपीसी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गये हैं प्रशासन द्वारा राहत कार्य किये जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी की परीक्षायें कल दो मार्च से शुरू हो रही है वहीं हाईस्कूल की परीक्षायें मंगलवार तीन मार्च से शुरू होंगी

परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किये हैं इसके लिए परीक्षा केन्द्रों पर दो बार परीक्षार्थी की तलाशी ली जायेगी इस वर्ष एक नया प्रयोग करते हुए मण्डल ने परीक्षाकेंद्रों के बाहर एक पेटी रखवाई है जिसमें छात्र परीक्षा शुरू होने से पहले नकल सामग्री डाल सकते हैं

वहीं आगरमालवा जिले में सात हजार से अधिक विद्याथी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं ओरछा महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने और उससे अधिक रोजगार पैदा करने के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार प्रदेश भर में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कार्यकम आयोजित कर रही है

महोत्सव में कला संस्कृति पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएगे जिसमें मध्यप्रदेश के साथ साथ देशभर के ख्यातनाम कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे हवाई अड्डा प्रदेश में हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिये हवाई पटिटयों का विस्तार किया जा रहा है इसके लिये रिजनल कनेक्टिविटी योजना बनाई गई है इसमें सतना दमोह और शहडोल में हवाई पट्टियों का विस्तार किया जाना शामिल है शहडोल के जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया कि पिछले दिनों भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की एक समिति ने जिले के लालपुर में हवाई पट्टी के विस्तार के लिये सर्वे किया था सर्वे में जमीन कम होने की बात सामने आई है इसके लिये जल्दी ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा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

अब हिन्दी में ये कार्यक्रम शाम को सात बजकर तीस मिनट और अंग्रेजी में आठ बजकर तीस मिनट से शुरू होगा